प्रदेश के कई स्थानों में आज भी बारिश का दौर जारी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धान्त की अनुपालना करते हुए विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित करने में अग्रणी भूर्मिका निर्माई है आज सिरोही जिले के माउंटआबू में प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सर्वेभवन्तु सुखिन की नीति पर चलते हुए कभी भी किसी देश पर पहले आकमण नहीं किया उन्होंने कहा कि विश्व में आधुनिक विज्ञान और तकनीक की उन्नति के साथ ही आध्यात्मिक एकता का भाव भी विकसित होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानवता के हित में आतंकवाद के खिलाफ संगठित होने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आहवान किया है

उन्होंने कहा कि भारत विश्व के लिए एक उदाहरण है और विकासशील देशों से विश्व प्रेरणा ले सकता है प्रधानमंत्री ने शिकागो में विवेकानंद के भाषण का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मतभेद से बचने का भी आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की भूमिका को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का योगदान बहुत कम होने के बावजूद हमारा देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई में अन्य राष्ट्रों से आगे रहा है प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की भारत की पहल का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री न्यूयार्क से आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री ने अपनी अमरीका यात्रा को सफल और सार्थक बताया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ दिनों में विविध कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का लाभ देश और विकास कार्यक्रमों को मिलेगा उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य देश के लिए अधिक निवेश आकृष्ट करना तथा विश्व को भारत के सुधार कार्यक्रमों से अवगत कराना था भारत की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी का आज मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जलावतरण करेंगे

हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल दक्षिण अफ्रीका और कनाडा ने इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की जाने वाली अलग अलग और विश्वसनीय सूचना को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्वता व्यक्त की है यह प्रतिबद्धता प्रेस स्वतंत्रता नियामक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स के समझौते के अनुरूप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद ए आजम भगत सिंह को उनके जन्मदिन के मौके पर आज याद किया प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भगत सिंह का साहस युवाओं के लिये प्रेरणास्त्रोत है

केन्द्र सरकार ने प्रदेश में दस नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी है

ये मेडिकल कॉलेज अलवर बारा बांसवाडा चित्तौडगढ जैसलमेर करौली नागौर श्रीगंगानगर सिरोही और बूंदी में खोले जायेंगे केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए ओ डी एफ प्लस योजना का शुभारम्भ किया यह योजना ग्रामीण स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त गांवों में स्वच्छता के नये आयाम पेश करेगी कल नई दिल्ली में इस योजना की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को काफी सफलता मिली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले में बालेसर के पास कल हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक एक लाख रुपये और घायलों को नियमानुसार सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिये है श्री गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की

राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआइएसएफ को जोघपुर हवाईअड्डे पर दो पारियों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है न्यायालय ने तीन सप्ताह में इस संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किये जयपुर नगर निगम ने नगरीय विकास कर जमा कराने की व्यवस्था को ऑनलाईन कर दिया है अब नागरिक नगर निगम की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से यूडी टैक्स की गणना कर राशि जमा करा सकेंगे नगर निगम मुख्यालय में कल आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नगर निगम की वेबसाईट पर क्लिक करके इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया

बडी संख्या में सिक्ख धर्म के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया ये यात्रा आज शाम तक अजमेर जिले के पुष्कर में पहुंचेगी चुरू जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस ने कल पंजाब के चार युवकों को डोडा पोस्त की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है

पुलिस ने कार सवार चारों युवकों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया नागौर की सुरतालिया थाना पुलिस ने लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इन्होंने लूट की गई वारदातों को अंजाम दिया है इन आरोपियों को बीकानेर के केन्द्रीय कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है भरतपुर में महाराजा अग्रसेन शोभायात्रा समिति की ओर से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई

प्रदेश के कई स्थानों में आज भी बारिश का दौर जारी है झालावाड जिले में रूक रूक कर बरसात हो रही है जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है

जालोर जिले में बारिश का सिलसिला जारी रहने से खेतों में पानी भर गया जिससे बाजरी और मूंग की फसले खराब हो गई लेकिन अरण्डी की फसल के लिये यह बारिश फायदेमंद साबित हो रही है उधर बाडमेर जिले में कल देर रात कई स्थानों पर बारिश हुई जिले में तीन स्थानों पर बिजली गिरने से कई मवेशियों की मौत हो गई सिवाना में सर्वाधिक ढाई इंच बरसात दर्ज की गई